यह अपनी तरह का पहला खिलौना मेला है चार दिन के इस आयोजन का उद्देश्य सभी खरीददारों खिलौना बेचने वालों विद्यार्थियों और अध्यापकों सहित सभी शेयरधारकों को एक मंच प्रदान करना है

इस दौरान वे इंदौर उज्जैन म्रैना धार और छतरप्र के रसोई संचालक प्रतिनिधियों से संवाद भी करेंगे

आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने खेलों के महत्व को देखते हृए इन्हें पाठ्यक्रम मे शामिल किया है ये खेल दो मार्च तक चलेंगे समारोह का आयोजन य्वा कार्य और खेल मंत्रालय जम्मू कश्मीर खेल परिषद और जम्मू कश्मीर की शीतकालीन खेल एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया

म्ख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय क्मार श्क्ला की य्गलपीठ ने एक जनहित याचिका पर स्नवाई के दौरान निर्देश दिए कि इस रिपोर्ट में इनकी संख्या उनकी मौजूदा स्थिति व स्विधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी शामिल हो

इस दौरान वे विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे

मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरुरी नमस्कार